मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्राकृतिक खेती के विस्तार के प्रयास तेज करने के अधिकारियों को दिए निर्देश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर लगाया फिजूल खर्ची का आरोप महंगा हैलीकॉप्टर लेने पर जताई आपत्ति कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड स्वास्थ्य संस्थानों तथा होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा मुख्यमंत्री आज बिलासपुर में कोरोना महामारी और सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने व्यापार मंडल के सदस्यों से राज्य सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया उन्होंने इस कार्य के लिए पंचायतीराज संस्थाओं स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों स्वयं सहायता समूहों और महिला व युवक मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा मुख्यमंत्री प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने की गति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज है और ये एक चिंता का विषय है जिसके चलते सरकार सक्रिय है और प्रदेश में ऑक्सीजन पीपीई किट सेनेटाइजर और मरीजों के लिए बेड की उचित व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों से स्वास्थ्य वर्कर लगातार संपर्क बनाये रखेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रहे और उचित समय पर उन्हें उपचार या हॉस्पिटल स्थानांतरित किया जा सकें

ये निर्णय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा देशमर में बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत अपने अधीन मन्दिरों को श्रद्वालुओं के लिए बंद करने के दृष्टिगत लिया गया है इस संबंध में चंबा के उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं

महेन्द्र सिंह जल शक्ति य बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में किसानो और बागवानों को मशरूम की खेती से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही है

इसमें प्रदेश भर के किसानों और बागवानों को मशरूम उत्पादन की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी ताकि वह अपने अपने क्षेत्रों में मशरूम की खेती कर सकें महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने बरोटी में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर और मुख्यमंत्री लोकभवन का भूमिपूजन भी किया

परमार आज ग्राम पंचायत रैपुर में पंचवटी पार्क और ट्यूबवेल के लोकार्पण के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र निरन्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसमें अब कोई रूकावट नहीं आएगी मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की अभी तक की प्रगति पर संतोष जताया है उन्होंने योजना से जुड़े अधिकारियों को प्राकृतिक खेती के विस्तार के प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए मुख्य सचिव आज शिमला में इस योजना की चौथी टास्क फोर्स कह बैठक के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के उत्पादों के विपणन और प्रमाणीकरण का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि एक ओर प्रदेश लगातार कर्जे के दलदल में डूबता जा रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार अपने एशो आराम पर करोड़ों खर्च कर रही है प्रदेश सरकार द्वारा पांच लाख रूपये प्रतिघंटे से अधिक की राशि पर हैलीकॉप्टर किराए पर लेने का फैसला इसका ताजा उदाहरण है राठौर ने काह कि जयराम सरकार की फिजूल खर्ची ने आज प्रदेश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कोरोना की विकट परिस्थितियों में लोगों के प्रति उसकी संवेदनहीनता साफ दिखती है उन्होंने सरकार से प्रदेश के हर नागरिक को निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की भी मांग की हाईकोर्ट प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल व विश्वविद्यालय कुलाधिपति के प्रधानसचिव विश्वविद्यालय के मौजूदा उपकुलपति डॉक्टर सिकन्दर कुमार और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है ये नोटिस विश्वविद्यालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्याय मूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता धर्मपाल सिंह की याचिका पर जारी किया है याचिकाकर्ता ने डॉक्टर सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी है और इसे यूजीसी के नियमों तथा कानून के अनुसार गलत करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है

जांच ऊना जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिल्ली से जिला में लौटने वाले समी लोगों का कोरोना टैस्ट किया जाएगा ऊना के उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा है कि दिल्ली में कोरोना मामलों में भारी वृद्धि और कर्फ्यू के बाद ये निर्णय लिया गया है उधर किन्नौर जिला प्रशासन ने कुंम मेले से लौटने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूर्ण रिकॉर्ड तैयार करने का निर्णय लिया ताकि इनमें कोरोना के लक्षण पाये जाने पर इन्हें तुरन्त क्वारंटीन किया जा सके किशन कपूर सासंद किशन कपूर ने अधिकारियों को गर्मियों में सूखे और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अविलंब पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं किशन कपूर ने आज धर्मशााला मे जल शक्ति विभाग कांगड़ा व चंबा के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सिंचाई और पेयजल योजनाओं की जानकारी ली उन्होंने सूखा संभावित क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति के लिए समय रहते सभी अहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभाएं

डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर कहा कि उनकी प्राथमिकता हर घर को नल से जल पहुंचाने की है ताकि क्षेत्र के किसी भी परिवार को पेयजल किल्लत से न जूझना पड़े उन्होंने कहा कि आज नाहन क्षेत्र का स्वरूप बदल चुका है इस क्षेत्र की गिनती कभी पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र के रूप में कि जाती थी किन्तु आज ये क्षेत्र विकास के मामले में लम्बी छलांगें लगा रहा है बैठक जिला निर्याचन अधिकारी व ज़िला उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई